यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शाम मंडी में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर स्थायी समाधान करने के लिए समस्या निराकरण की नई प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं

परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है

विपिन सिंह परमार ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम व योजनाएं जरूरतमंद लोगों के उपचार के लिए कारगर सिद्व हो रही हैं

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये दूसरी कड़ी होगी

इनमें से कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते है ताईक्वांडो प्रदेश के तीन कोचों ने भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला के तहत केरल के तिरूवंतपुरम में ताईक्वांडो कोच कोर्स की परीक्षा उतीर्ण कर ली है प्रदेश ताईक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव योगेश्वर ने कहा कि इन तीनों को एसोसिएशन की ओर से स्पोन्सर किया गया था एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने उम्मीद जताई कि राज्य को तीन प्रशिक्षित ताईक्वांडो कोच मिलने से प्रदेश में इस खेल में और निखार आएगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है इंदु गोस्वामी ने दिया महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से इस्तीफा पालमपुर के भाजपा नेताओं से मानी जा रही हैं नाराज दैनिक जागरण का शीर्षक है इंदु ने छोड़ा महिला मोर्चा का अध्यक्ष पद हिमाचल दस्तक के शब्द हैं इंदु गोस्वामी ने भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष पद और पालमपुर छोड़ा सरकार में काम न होने से नाराज प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है गवाही के लिए तीन से अधिक मौके न दें निचली अदालतें दैनिक जागरण के अनुसार गवाह पेश करने के लिए न दें तीन से अधिक मौके यहां कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है तेज बारिश होने पर मकान खाली कर दें शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है साधुपुल में नाले के आसपास रहने वालों को नोटिस लगाकर दी चेतावनी आपका फैसला राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखता है चार वर्ष के कार्यकाल में पक्ष और विपक्ष से भरपूर सहयोग मिला अमर उजाला के मुताबिक गुजरात रवाना होने से पहले भावुक हो गए राज्यपाल देवव्रत श्रीखंड यात्रा से हटी रोक पंजीकरण शुरू दिव्य हिमाचल की एक खबर है

दैनिक सवेरा टाइम्स ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है पांच ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य हासिल करने में भूमिका सुनिश्चित करें युवा

अमर उजाला की एक खबर है लोकायुक्त और प्रधान सचिव समेत कई अफसरों की गाड़ियों के चलान

नमस्कार